उन्होंने अधिकारियों को तय समय में लंबित कार्यों को निपटाने के निर्देश दिए परमार ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते सत्र के लिए विशेष तैयारियां करनी पड़ रही हैं और इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रकियाओं का पूरी तरह पालन किया जाएगा उन्होंने कहा कि पत्रकार दीर्घा में बैठने के लिए कम से कम संवाददाताओं को पास जारी किए जाएंगे और सामाजिक दूरी का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि दर्शक दीर्घा में लोगों को पास जारी नहीं किए जाएंगे उन्होंने मंत्रियों व विधायकों से भी अपने साथ केवल जरूरी स्टॉफ को ही लाने और सुरक्षा में तैनात कर्मियों को परिसर से बाहर रखने की अपील की है ताकि विधानसभा परिसर में भीड़ को कम किया जा सके मारकंडा तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज लाहौल स्पीति जिले के मुलिंग में चंद्रा नदी पर बने पुल का उदघाटन किया

बाद में मारकंडा ने रोपसंग व राबलंग गोंपा रातेल संडक का उद्घाटन भी किया सरवीण सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश सरकार विकास में जन सहभागिता को सुनिश्चित कर हर वर्ग को लाभान्वित करने के लिए प्रयासरत है वे आज कांगड़ा जिले में बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के लोगों को वर्चुवल माध्यम से सम्बोधित कर रहीं थी सरवीण चौधरी ने कहा कि सरकार युवाओं महिलाओं किसानों बागवानों और गरीबों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए संवेदनशीलता से कार्य कर रही है

राजेन्द्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने कहा है कि शिवा परियोजना के तहत फलों के लिए जलवाय की अनुकूलता और किसानों की मांग के अनुसार फल बागीचे विकसित किए जा रहे हैं

राजेन्द्र गर्ग ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है

कुलदीप राढौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार पर किसानों बागवानों की अनदेखी का आरोप लगाया है शिमला में आज पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए राठौर ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए सेब मंडियों में बागवानों व आढ़तियों की सुरक्षा के लिए कोई प्रबंध नहीं किए गए हैं उन्होंने कहा कि सेब मंडियों में बाहर से आने वाले लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है और न ही लोगों की सही ढंग से थर्मल स्कीनिंग की जा रही है उन्होंने सरकार पर कोरोना महामारी से निपटने में पूरी तरह विफल रहने का आरोप भी लगाया राठौर ने सेब में बढ़ते स्कैब रोग पर चिंता जाहिर की और इस रोग से प्रभावित सेब की पूरी खरीददारी करने का सरकार से आग्रह किया ताकि बागवानों को नुकसान से बचाया जा सके

कांगड़ा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने बताया कि आज सुबह करीब छः बजे महिला की मौत हो गई

टीबी किन्नौर के उपायुक्त गोपाल चंद ने स्वास्थ्य विभाग को ग्राम पंचायत स्तर पर टीबी के लक्षणों के बारे में लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए है रिकांगपिओ में आज टीबी उन्मूलन समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए सघन अभियान चलाया जाएगा और सभी लोगों की स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित की जाएगी